देश की नई शिक्षा नीति का प्रदेश में हुआ व्यापक स्वागत प्रदेश के शिक्षाविदों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि नकली बीज बेंचने वालो के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा

शिवराज शिक्षा नीति मुख्यममंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी उन्होंने यह बात आज चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा विभाग की गतिविधियों और नई शिक्षा नीति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाईयों संबंधी बैठक में कही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कक्षा छठवीं से ही व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू किया जायेगा वहीं स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत दर्शन कला और नृत्य के साथ ही योग का भी समावेश किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में गांवों के उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल विकसित किए जाएंगे

खंडवा जिले में आज तीन लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई वहीं बैतूल जिले में आज पांच मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे

इस वर्ष के लिए मुख्य थीम स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन है महिला और बाल विकास विभाग की संचालक स्वाती मीणा नायक ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ वेबिनार के माध्यम से किया जायेगा

सीधी जिले में भी सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी

उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी

टाइगर स्टेट प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि जल्द ही हम एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लेंगे आज जबलपुर में उन्होंने वन क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा की और अधिकारियों को वन्य प्राणियों की बेहतर हिफाजत करने की हिदायत दी उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में बाघों के शिकार पर रोक लगी है

लोक मान्यता के अनुसार अधिक मास होने की वजह से इस वर्ष वर्षा में देरी की संभावना बताई जा रही है वहीं मौसम केन्द्र का कहना है कि कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं वर्षा हो रही है लेकिन बादल जमकर नहीं बरस रहे हैं